कई ट्वीट के माध्यम से श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि लोगों को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव उपाय किये जायेंगे

उन्होंने जोर दिया कि सभी को स्वस्थ रखने और संक्रमण के लक्षणों वाले लोगों को उचित इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी की ओर से किया जाने वाला सम्मिलित प्रयास है जो इस तरह की परिस्थितियों में राष्ट्र की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि गैर जरूरी यात्राओं को टालने और सामूहिक कार्यक्रमों को कम से कम करने जैसे प्रयास किये जाने चाहिए इस बीच संसद भवन में भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए एहतियाती उपाय किये जा रहे हैं इनमें सैनिटाइजर का प्रयोग संसद परिसर में आने वाले कर्मचारियों पत्रकारों और अन्य लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय शामिल हैं संसद में दर्शकों के आने पर भी रोक लगा दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय सलाह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मुंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साबुन पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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 चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहने या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई के एक प्रशिक्षु की जांच रिपोर्ट में उसके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उसे दून मेडिकल कालेज और अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है

राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के तीन छात्रावासों को कोरेंटाइन क्षेत्र घोषित किया गया है

बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है इसको देखते हुए कई एहतियाती कदम उठाये जा रहे हैं

कई संस्थाओं ने अपने आयोजन और सार्वजनिक कार्यक्रम भी स्थगित कर दिये हैं वहीं आमजन भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बच रही हैं इस बीच देहरादून में एक महीने तक लगने वाले ऐतिहासिक झंडेजी मेले का तीसरे दिन ही समापन कर दिया गया पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान मास्क पहनने और हैंड सैनेटाइजर इस्तेमाल करने को कहा गया है इस बीच देहरादून जिला प्रशासन ने मास्क की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिये हैं

एचआरडी मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से केन्द्र सरकार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सहयोग दे रही है जिसमें नये स्कूलों को खोलने और विद्यालयों के सशक्तिकरण के प्रयास शामिल हैं लोकसभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह बात कही

ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के लिए हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है

इस पार्क के बनने से राज्य में प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही राज्य में रोजगार के नये साधन भी जुड़ेंगे

जिसमें एक पार्क उत्तराखंड में भी जल्द खुलने जा रहा है भालू हमला पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक में आज जंगल में घास लेने गई पांच महिलाओं पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया

जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने जानकारी दी कि गंभीर रूप से घायल महिलाओं को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत है वन विभाग ने एक टीम गांव में भेजी है फसलों को नुकसान टिहरी मार्च महीने में रिकॉर्ड बारिश होने के कारण फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है टिहरी जिले के किसानों की माने तो बेमौसमी बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो गई है बारिश से खुमानी सेब आडू पुलम आम मटर आदि की फसलों को नुकसान हुआ है हालांकि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा है घनसाली के किसान धनपाल गुनसोला का कहना है कि इस योजना के तहत जिन किसानों ने फसलों का बीमा करवाया है उनको नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी टिहरी के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर डीके तिवारी ने बताया कि फसल बीमा योजना में किसानों को काफी सुविधाएं दी गई हैं

पिछले कुछ वर्षो में केंद्र ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के कई कदम उठाए हैं